प्रधानमंत्री आवास केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश के एक लाख हितग्राहियों को उनके नये आवास में गृह प्रवेश करवायेंगे

गृह प्रवेशम कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री शाह एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि जिले में दो हजार एक सौ पच्चीस आवासों के हितग्राहियों को गृह प्रर्वेश कराया जाएगा

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत इतनी बड़ी संख्या में गृह प्रवेश कराये जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है

इन कक्षाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप शुरू किया गया है केन्द्रीय विद्यालय अक्टूबर से दोबारा चरणबद्व रूप में खुलने शुरू हुए थे इन विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में शुरूआत में छात्र कम संख्या में पहुंच रहे थे लेकिन अब चरणबद्व रूप से छात्रों की संख्या बढ़ने लगी है जिन राज्यों में वहां की सरकारों ने छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है वहां केन्द्रीय विद्यालयों में पहली से लेकर आठवीं तक की भी कक्षाएं शुरू हो गई है कोविड महामारी को ध्यान में रखते हए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जारी बचाव मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है

सडक परिवहन और राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि फास्टैग यात्रियों के साथ साथ टोल प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद होगा फास्टैग एक आर एफ आई डी टैग है जिसे भुगतान माध्यम से जोडा गया है और इसे किसी वाहन के विंडस्क्रीन पर आसानी से चिपकाया जा सकता है जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल प्लाजा पर लगाया गया आर एफ आई डी रीडर वाहन के फास्टैग को पढ़ लेता है और टोल शुल्क फास्टैग से जुड़े खाते अथवा प्रीपेड वॉलेट से अपने आप ही कट जाता है बसन्त पंचमी देश और प्रदेश में आज बसन्त पंचमी और सरस्वती पूजा ध्रमधाम से मनाई जा रही है इस अवसर पर श्रद्वाल् विशेषकर छात्र विद्या और ज्ञान की देवी सरखती की प्रजा कर रहे हैं प्रदेश में सरस्वती की पूजा धार्मिक उत्साह और परम्परागत ढंग से की जा रही है इस वर्ष वैश्विक महामारी के मद्देनजर पूजा में भाग लेने वालों की संख्या में कमी आई है कई स्थानों पर कवि सम्मेलन के आयोजन भी किये गए हैं बसंत पंचमी के रोज परम्परागत कश्ती के लिये अखाडे भी लगाए जाते हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि धार जिले में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है धार नगर केसरिया पताकाओं से सजाया गया है आज दिनभर भोजशाला में हवन प्रजन सहित अन्य कई आयोजन होंगे जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक उपाय किये हैं बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है

मौसम प्रदेश के मौसम अचानक आए बदलाव के कारण कल आधी रात के बाद राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर कहीं तेज तो कहीं मध्यम वर्षा हई कुछ स्थानों पर ओले पडने के समाचार भी मिले हैं वर्षा होने से न्यूनतम तापमान में कमी आ गई हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी भोपाल में आज सुबह भी बादल घिरे हुए हैं और ठंडी हवाए चलने से सर्दी बढ़ गई है

मौसम केन्द्र के अनुसार आज कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है